केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती उपायों के पालन का परामर्श किया जारी प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर उपायुक्तों ने अधिकारियों को साथ की बैठक राज्य के अधिकतर भागों में थमा वर्षा व बर्फबारी का दौर शीतलहर जारी भाजपा भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आज पांवटा साहिब में पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में शुरू हुई इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र पार्टी प्रभारी मंगल पांडे सहित अन्य नेता मौजूद रहे

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने अब तक कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं उन्होंने मंत्रियों विधायकों और कार्यकर्ताओं से सरकार की जनहितैषी योजनाओं को बूथ व मण्डल स्तर तक पहुंचाने के कार्य में जुटने को भी कहा इस अवसर पर पार्टी प्रभारी मंगल पांडे ने केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वोट की राजनीति की और वोट के लालच में देशहित में कोई काम नहीं कर पाई बैठक में मुरव्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहंचाने के लिए सरकार व संगठन तालमेल से कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये तालमेल प्रदेश स्तर से लेकर ज़िला मण्डल और बूथ स्तर तक बनाया जाएगा अधिसूचना केन्द्र सरकार ने अगले एक सौ दिन तक फेसमास्क और हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है इसका उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना और जमाखोरी रोकना है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत यह निर्णय लिया गया है केन्द्र ने सर्जिकल मास्क हैण्ड सैनिटाइजर और ग्लब्स की उपलब्धता और कीमतों पर नियमन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया है परामर्श केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपायों के पालन का परामर्श दिया है लोगों से बड़ी सभाओं में शामिल न होने को कहा गया है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है लोगों को हाथ अच्छी तरह साफ किए बिना आखें नाक या चेहरा नहीं छूना चाहिए साबुन और पानी से हाथ अच्छी तरह धोने या अल्कोहल युक्त सेनिटाइज़र से साफ करने तथा खांसते और छींकते समय रूमाल या टिश्यू पेपर के उपयोग का परामर्श दिया गया है इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर बंद डस्टबिन में फेंके जाएं खांसी बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लिया जाए डॉक्टर के पास जाते समय मास्क लगाया जाए या चेहरे और नाक को कपड़े से ढक कर रखा जाए

इसके तहत संदिग्ध व्यक्तियों और उनके संपर्क में आए लोगों को स्वयं स्वास्थ्य केन्द्रों या टोल फ्री नम्बर एक शून्य चार पर जानकारी देनी होगी और आइसोलेशन में रहना ज़रूरी होगा उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लोगों को भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों में जाने से परहेज़ करने की हिदायत दी है बैठक इस बीच सोलन ज़िले में स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर उपायुक्त केसी चमन ने अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने विभागों से कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए उधर सिरमौर के उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि आगामी नवरात्रों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था रहेगी उन्होंने कहा कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के हाथ धोने के लिए पर्याप्त पानी और साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ऊना ज़िले में कोरोना को देखते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने सर्विलांस अधिकारी नियुक्त किए हैं इन अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध मरीज़ से पूछताछ निरीक्षण और उसे किसी आइसोलेशन वार्ड में भेजने का अधिकार होगा

अंब अंदौरा के स्टेशन मास्टर राकेश सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है

इसके अलावा बंगाणा हरोली गगरेट अम्ब और चिंतपूर्णी के नागरिक अस्पतालों में भी दो दो बिस्तर के आइसोलेशन सैंटर स्थापित किए गए हैं उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार बैड की संख्या बढ़ाई जा सकती है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पार्टी कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी उन्होंने लोगों से इस बीमारी से भयभीत न होने और स्वच्छता अपनाने सहित एहतियात बरतने की अपील की है राठौर ने आज शिमला शहर के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायज़ा लिया कोरोना सोलन ज़िले के हरिपुर में कोरोना वायरस को लेकर आज विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान सूचना व प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आऊटरीच ब्यूरो चण्डीगढ़ की सहायक निदेशक सपना ने लोगों को इस रोग से बचाव के प्रति जागरूक किया ब्यूरो द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया इसके माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता और भारत की एकजुटता दर्शाई गई

इसके तहत अधिनियम में हाल में किये गये कठोर सजा के प्रावधानों को लागू करने में मदद मिलेगी नये कानून में किये गये महत्वपूर्ण प्रावधानों में स्कूलों बाल अनुरक्षण गृहों और बच्चों से संबंधित संस्थाओं में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन करना भी शामिल है इसके अलावा बच्चों के अश्लील चित्रण को रोकने के लिए भी कानूनी प्रावधानों को और सख्त किया गया है राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे बच्चों के संरक्षण की नीति बनायें जिसमें बच्चों के खिलाफ हिंसा को जरा भी बर्दाश्त न करने की व्यवस्था हो सभी संस्थाओं से इस नीति पर अमल करने के निर्देश देने को भी राज्य सरकारों को कहा गया है

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं

इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान और बाजार में उनके शोषण को रोकना है इस वर्ष का विषय है सदैव सक्षम उपभोक्ता